सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने कल शिमला में आयोजित एक सैमिनार में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ साथ सौर पम्पों की स्थापना के लिए दो सौ करोड़ रुपये की लागत से सौर सिंचाई योजना भी शुरू की गई है महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हिम प्रगति के माध्यम से ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जा रही है बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भेंट की उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊपरी शिमला क्षेत्र में आध्निक सुविधाओं व विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित एक बड़े स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना के लिए केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि इस मांग पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और उपयुक्त स्थान पर इस प्रकार का स्वास्थ्य संस्थान खोलने की सम्भावना का पता लगाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने इन कार्यकर्ताओं का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा

खेल मंत्री गोबिंद ठाक्र और सांसद रामस्वरुप शर्मा ने खिलाडियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में खिलाडियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी यातायात सोलन शहर में दोहरी दीवार से कुमारहट्टी तक बड़ोग बाईपास आज और कल यातायात के लिए बंद रहेगा कार्यकारी कार्यकारी एडीएम रोहित राठौर ने कहा कि ये आदेश रोगी वाहन अग्निशमन वाहन सेना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है हिमाचल में बनेगा कृषि आयोग अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में कृषि आयोग गठित करने की तैयारी हिमाचल दस्तक लिखता है कृषि आयोग बनाएगी जयराम सरकार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार के मौके पर हुई मारपीट पर अमर उजाला लिखता है हाईकमान ने तलब की कांग्रेस कार्यालय में मारपीट की रिपोर्ट

दैनिक भास्कर का शीर्षक है शिमला समेत सात जिलों में आज से बर्फबारी की चेतावनी जबकि आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में आज से बारिश व बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तेजाब कांड पर पंजाब केसरी का शीर्षक है नालागढ़ में युवती पर फेंका तेजाब अमर उजाला की सुर्खी है दफ्तर से घर लौट रही यूवती पर फेंका एसिड मृंह और हाथ झूलसे दैनिक जागरण लिखता है नालागढ़ बाजार में युवती के चेहरे पर फेंका तेजाब जबकि अजीत समाचार के शब्द हैं नालागढ़ में व्यक्ति ने युवती पर फेंका तेजाब गंभीर हालत में पीजीआई रैफर अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय कांग्रेस में कितना कबाड़ में लिखा है कि क्या वीरभद्र सिंह पर आक्रमण ही सुक्खू की ताकत है या वाकई कोई कबाड़ी कांग्रेस को कचरा बना च्का है राजनीति में यूवा मंचन भाजपा ने तो कर लिया अब कांग्रेस को भी अपने चेहरे बदलने की चुनौती है दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सरकार की प्राथमिकताए में लिखा है कि सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना में सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया है प्रदेश के विकास के लिये इन क्षेत्रों पर प्राथमिकता देना सही है